शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि तमिलनाडु और पुद्दचेरी के लिए समय बदला जाएगा लेकिन इसकी अवधि दो घंटे से अधिक नहीं होगी न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने इस बात पर भी गौर किया कि ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की व्यवस्था दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए दी गई थी ने कि पूरे देश के लिए

छत्तीसगढ़ के बस्तर डिविजन के दंतेवाड़ा जिले में नक्सली हमले में दूरदर्शन समाचार का एक कैमरामैन और दो सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने दूरदर्शन के कैमरामैन और अन्य दो पुलिसकर्मियोंके नक्सली हमले में शहीद होने पर गहरा दुख व्यक्त किया है जिनकी जान गई है उनके परिवार के साथ हम सभी आज खड़े हैं इसमुश्किल वक्त पर हम उनके परिवार का प्ररा ख्याल रखेंगे और साथ ही जितने भी मीडियाकर्मीहैं और जितने भी लोग जो ऐसी खतरनाक जगहों पे जहां जाते हैं उसको कवर करते हैं मैं आजउनको याद करता हूं और उनके शौर्य को याद करता हूं कि वो वहां जाकर देशभर को वहां कीइतला देते हैं प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने भी दूरदर्शन के कैमरामैन और सुरक्षाकर्मियों के नक्सली हमले में शहीद होने पर दुख व्यक्त किया है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष शेखर बेमपति ने छत्तीसगढ में विधानसभा चुनाव की कवरेज में तैनात दूरदर्शन की बहादुर टीम के प्रति एकजुटता व्यक्त की है

लखनऊ में रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया जायेगा

विधानसभा के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक रन फॉर यूनिटी प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे इसके बाद वह रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखा कर रवाना करेंगे राज्य में बेघर तथा बेसहारा लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत अगले वर्ष मार्च तक ग्यारह लाख इकहत्तर हजार आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है ग्राम्य विकास विमाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना के तहत आठ लाख पचास हजार आवासों को पूरा किया जा चुका है रोष आवासों को अगले वर्ष इकतीस मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि इकतीस अक्टूबर तक दस लाख तिरासी हजार आवास स्वीकृत किये गये तथा आठ लाख पैसठ हजार लाभार्थियों के खातें में तीसरी किश्त की धनराशि भेजी जा चुकी है प्रदेश के गन्ना किसानों का पूरा भुगतान तीस नवम्बर तक करा दिया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गन्ना किसानों के भुगतान की नियमित समीक्षा की जा रही है प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने आकाशवाणी समाचार लखनऊ में विशेष बातवीत में कहा कि प्रदेश सरकार गन्ना किसानों का समय से भुगतान कराने के लिए प्रतिबद्व है